केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थितियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा है कि सरकार कोरोनो वायरस के घटनाक्रमों पर नजर बनाये हयी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं इधर चीन में कोरोना वायरस से प्रभावित वुहान से तीन सौ तेईस भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विशेष विमान आज दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान के जरिए कल भी चीन से तीन सौ चौबीस भारतीयों को लाया गया था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कुछ उपायों का पालन कर लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से आसानी से बच सकते हैं

कोई खांसता है तो उसके खांसने के जो ड्रोपलेट्स है वो जब दूसरा इंसान इनहेल करता है तो उसके साथ वो सांस की नली में पहुंचने से इंफेक्शन क्रिएट करता है कोरोना वायरस से बचना है तो दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं एक तो किसी मरीज को खांसी हो तो टिशू के ऊपर या रूमाल के अंदर खांसे

दूसरा ये है कि अपने हैंडवॉश रेगुलरी करे क्योंकि हाथ जो है वो हम हाथ और मुंह में लगाते रहते है तो उससे वो वायरस हाथों में भी आ जाता है उससे दूसरे इंसान में फैल जाता है जिसको इंफेक्शन और जुकाम नजला या खांसी हो वो थोड़ा सा औरों से दूर रहे स्पेशली जो बुजुर्ग लोग है या बच्चे ये प्रिकॉशन रखना जरूरी है वायरस के जो सिम्टम है वो नॉर्मली आम फ्लू के सिम्टम है

तो ये आम सिम्टम है जो आजकल फ्लू या सर्दियों में होता है इस कोरोना वायरस के भी लगभग वैसे ही है अगर आपको ये सिम्टम हो और आप चाइना से आए हैं पिछले दो हफ्ते में या आप किसी ऐसे मरीज के सम्पर्क में आए है जिसे कोरोना वायरस इंफेक्शन हुआ है या जो चाइना से आया हो और जिसको जुकाम नजले की तकलीफ हुई है या अस्पताल में है और डॉक्टर है और उनके साथ डील कर रहे है जो पेशेन्ट को ट्रीट कर रहे हैं और आपको फिर ये लक्षण होते है तब हम ये कह सकते है कि आप कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड केस हो सकते है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि वित्त विधेयक दो हजार बीस में प्रस्ताव किया गया है कि अगर किसी भारतीय नागरिक पर विदेश में करों की देयता नहीं है तो वह भारत का निवासी माना जायेगा बोर्ड ने इस नये प्रावधान पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि इसका मकसद कर नियमों के दुरूपयोग की रोकथाम करना है बोर्ड ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि क्छ भारतीय नागरिक भारत में करों के भूगतान से बचने के लिए अपना निवास कम टैक्स वाले या कोई भी टैक्स न लगने वाले देश में दिखा देते हैं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व समेत अन्य देशों में काम करने वाले और वहां करों का भुगतान न करने वाले भारतीयों की आमदनी पर भारत में कर लगाये जाने के बारे में मीडिया की खबरें गलत हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार के लिए आपदा प्रबंधन और स्थानीय निकायों की अनुदान राशि में तीन गुना तक की वृद्धि का प्रावधान किया गया है श्री मोदी ने कहा कि दो हजार उन्नीस बीस में जहां आपदा प्रबंधन मद में लगभग पांच सौ सत्तर करोड़ रूपये का प्रावधान था वहीं दो हजार बीस इक्कीस में यह बढ़ कर एक हजार आठ सौ अठासी करोड़ रूपये हो गया है वहीं नगर निकायों की प्रावधानित राशि आठ सौ अठारह करोड़ रूपये से बढ़ कर दो हजार करोड़ रूपये से अधिक हो गयी है उन्होंने कहा कि पहली बार पंचायती राज को प्राप्त होने वाली पांच हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि तीनों संस्थाओं जिला परिषद प्रखंड समिति और ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगी निर्भया के दोषियों की फांसी पर दिल्ली की एक निचली अदालत के जरिये अगले आदेश तक रोक के खिलाफ गृह मंत्रालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी चारों दोषी कानून का दुरूपयोग कर रहे हैं उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने दो दोषियों की लंबित दया याचिकाओं को देखते हुये फांसी की सजा पर याचिकाओं के निपटारे तक रोक लगा दी थी निचली अदालत ने कहा था कि अगर एक भी दोषी की याचिका लंबित है तो अन्य दोषियों को फांसी नहीं दी सकती हालांकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि जिन दो दोषियों की कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से शुरू हो रही है परीक्षा तेरह फरवरी तक चलेगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस बार इंटर परीक्षा में प्रदेश के बारह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा के लिए राज्य भर में एक हजार दो सौ तिरासी परीक्षा केन्द्र बनाए गये हैं श्री किशोर ने बताया कि पटना जिले में बयासी परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं जिनमें इकहत्तर हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे कदाचार रोकने के लिये सभी परीक्षा केन्द्रों पर त्रिस्तरीय मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गयी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जायेगा यह एजेंसी बैंकिंग और एसएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगी उल्लेखनीय है कि बजट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाने की घोषणा की गयी है इस एजेंसी के जरिये कंप्यूटर पर आधारित ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जायेगा इस सिंगल प्लेटफार्म से परीक्षार्थियों को बैंकिंग एसएससी सहित अन्य परीक्षाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिल सकेगी शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के जदयू अध्यक्ष अमित कुमार विश्वास की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज कई स्थानों पर यातायात को बाधित कर प्रदर्शन किया उल्लेखनीय है कि कल शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हुये विवाद में अरियरी जदयू प्रखंड अध्यक्ष घायल हो गये थे बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के परसा महेंद्र गांव स्थित तालाब में ड्बने से एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गयी एसडीओ कुमार गौरव ने बताया कि मूर्ति विर्सजन के बाद स्नान के दौरान तेज प्रवाह में यह दुर्घटना हुई सोनबरसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से चार चार लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुयी है इससे लोगों को दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिली है हालांकि पछुआ हवा के चलने से सुबह और शाम में ठंड का अहसास हो रहा है आज गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के पूर्वान्मान में बताया है कि रात में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा वहीं अगले दो दिनों में दिन का तापमान दो से तीन डिग्री बढ़ सकता है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिये कल से प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चक्र शुरू हो रहा है तेरह फरवरी तक चलाये जाने वाले इस अभियान के दौरान बक्सर और बांका को छोड़कर राज्य के छत्तीस जिलों के चिन्हित दो सौ छब्बीस प्रखंडों में टीके लगाये जायेंगे पूर्व रेलमंत्री स्व ललित नारायण मिश्र का जयंती समारोह आज पटना के एल एन मिश्रा संस्थान में आयोजित किया गया समारोह में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने ललित नारायण मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे इधर दानापुर के नासरीगंज में अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया मुजफ्फरपुर जिले में एक पुलिस कांस्टेबल पवन कुमार ने कथित रूप से अपनी सर्विस राइफल एके सैंतालीस से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली मुंगेर के अपर पुलिस अधीक्षक हरि शंकर कुमार के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने आज जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में छापेमारी कर एक नक्सली आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के पानापुर गांव में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गयी है श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय कटिहार की ओर से आयोजित दो दिवसीय नियोजन मेले में चार सौ चौहत्तर आवेदकों का चयन किया गया है